उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज भारतीय फॉर्मास्यूटिकल कांग्रेस को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि नीति निर्माताओं और फॉर्मा कंपनियों को ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम जीवनरक्षक दवाएं और निवारक टीकों के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए श्री नायडू ने कहा कि बाजार में जेनेरिक दवाओं को तेजी से लाने पर मुख्य ध्यान देना चाहिए उप राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त की कि फार्मा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के मुकाबले तेज गति से आगे बढ़ रहा है उन्होंने कहा कि फॉर्मास्युटिकल उद्योग को भारत को जेनेरिक औषधियों की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी बनाने के प्रयास करने चाहिए श्री नायडू ने कहा कि युवा शोधकर्ताओं को भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के मानकीकरण की दिशा में कार्य करना चाहिए और उन्हें वैश्विक प्रायोगिक समझौतों के आधार पर परंपरागत औषधियों के प्रभाव वैधता और क्षमता स्थापित करनी चाहिए

सम्मेलन में देशभर के पांच हजार से ज्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर विभागों में भर्तियॉ की जा रही हैं उन्होंने कहा कि एक वर्ष में एक लाख से ज्यादा भर्तियॉ हुई हैं श्री योगी ने कहा कि सभी भर्तियॉ पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से की जा रही हैं कहीं भी किसी तरह की हेराफेरी नहीं हुई है

श्री योगी ने कहा कि विभागों में भर्तियों का काम स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है और इनमें सरकार द्वारा किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है भर्तियों में सरकार ने साक्षात्कार खत्म करके धाधली को पहले ही बंद कर दिया है

उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर जनपद में दो सगे भाइयों के अपहरण की घटना में अपराधियों द्वारा एक बच्चे की हत्या किये जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है

उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि घरेलू कार्मिकों के पुलिस सत्यापन का प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जाये गौरतलब है कि सुल्तानपुर के कटका बाजार क्षेत्र से कल दो सगे भाइयों का स्कूल से लौटते समय अपहरण कर लिया गया था और पचास लाख रूपये की फिरौती मांगी गई थी पुलिस की अपराधियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान अपराधियों ने एक बच्चे को मार दिया था तथा दूसरा घायल हो गया इस मामले में पुलिस ने चार अपहरणकर्ताओं को गिरफतार किया है घायल बच्चे का लखनऊ के केजीएमयू ट्रामासेन्टर में इलाज चल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी की जयन्ती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वह समय रहते सभी आवश्यक व्यवस्थायें जुटा लें श्री योगी ने कहा कि श्री बाजपेयी जी ने देश मे सुशासन की आधारशिला रखी थी इसलिये उनके सम्मान में उनकी जयन्ती पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनायी जाती है उन्होंने कहा कि इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कराया जाये श्री योगी ने इस अवसर पर प्रदेश के सभी विकास खंडों में वृद्धावस्था निराश्रित विधवा तथा दिव्यांग पेंशन के संबंध में शिविर आयोजित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि इन शिविरों में राशन कार्ड तथा आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत कार्डों का भी वितरण किया जाय

चार दिन तक चले सत्र के दौरान कल सरकार के चालू वित्त वर्ष के लिये दूसरे अनपूरक बजट को पारित किया गया आज सदन में बिजली कृषि कानून व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे छाये रहे इन मुद्दों पर समाजवादो पार्टी कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने कई बार बहिगमन किया

विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित ने बताया कि सत्र के दौरान छह महत्वपूर्ण विधेयक पारित किये गये चार उपवेशनों म ग्यारह घंटे चालीस मिनट सदन की कार्यवाही चली

सत्र के दौरान छिहत्तर अल्पसूचित प्रश्न एक हजार दो सौ तैंतीस तारांकित प्रश्न और नौ सा उन्सठ अतारांकित प्रश्न प्राप्त हुये

इस क्रम में जहां महिला कुंभ का आयोजन वृंदावन में किया जा चुका है वहीं कल से राजधानी लखनऊ में युवा कुंभ का आयोजन किया जायेगा दो दिन तक चलने वाले इस कुंभ में देश भर से विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ ही युवाओं की भागीदारी होगी कार्यक्रम के संयोजक शतरूद्र प्रताप ने आकाशवाणी समाचार लखनऊ को बताया कि युवा कुंभ क शुरूआती कार्यक्रम इंदिरागांधी प्रतिष्ठान में होंगे जबकि मुख्य आयोजन स्मृति उपवन में होगा

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पैरलर सैराव चलेंगे दो से चार का समय रहेगा इसमें शिक्षा है उद्यमि है प्रोफेशनल है सामाजिक है आधुनिक समय में भारतीय परम्परा जिनके अमित त्रिपाठी जी प्रख्यात साहित्यकार उन्हीं के साथ होगा सम्पूर्ण लोग उसी में भग प्रतिभग करेंगे

माननीय मुख्यमंत्री माननीय राज्यपाल महोदय और डॉ कृष्ण गोपाल जी के हाथों युवा कुंभ का दस बजे औपचारिक उद्घाटन होगा

संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने आज एक प्रश्न के उत्तर में विधानसभा में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में नब्बे हजार होमगार्ड हैं और उन्हें अब पूरे माह ड्यूटियॉ दी जा रही हैं उन्होंने बताया कि होमगार्डों का मानदेय तीन सौ पचहत्तर से बढ़ाकर पाच सौ रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है उन्होंने कहा कि होमगार्डों के पिछली सरकार के इकहत्तर करोड़ रूपये बकाया का श्री योगी के नेतृत्व वाली सरकार ने भुगतान कर दिया है उन्होंने कहा कि सरकार ग्राम चौकीदारों का मानदेय भी बढ़ाने पर विचार कर रही है

विधेयक में खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है